श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायड की पुस्तक मुविंग ऑन मूविंग फॉरवर्डः ए ईयर इन ऑफिस नाम पुस्तक का विमोचन किया यह पुस्तक उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू के एक साल के कार्यकाल के अनुभव पर आधारित है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि श्री नायड् के लिए पदभार से ज्यादा महत्व कार्यभार का है और उसी को लेकर श्री नायड् चलते रहे उन्होंने कहा कि श्री नायड को जो भी दायित्व मिला उसके अनुरूप उन्होंने अपने को ढालकर उस क्षेत्र को सफल बनाया श्री मोदी ने कहा कि वैकेयाजी का कार्यक्रम में समय पर पहुंचना प्रशंसा योग्य है इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगोडा और डॉ मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित कई केन्द्रीय मंत्री उपस्थित थे अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह का विकास अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर की तर्ज पर किया जाएगा केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल अजमेर में यह जानकारी दी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक औषधालयों से दवाओं के बिक्री नियमों का मसौदा जारी किया है इसका उद्देश्य देशभर में दवाओं की ऑनलाईन बिक्री का नियमन और विश्वसनीय ऑनलाईन पोर्टल से सही दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है इन मसौदा नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराए बिना ई फार्मेसी पोर्टल से दवाओं की बिक्री भंडारण या प्रचार नहीं कर सकता

न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल अभियोजन परिवाद पर प्रसंज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए गौरतलब है कि श्री जोशी ने अपने पुत्र के इलाज के फर्जी मेडिकल बिल अपने विभाग में पेश करते हुए पुनर्भरण की राशि उठाई थी

जैसलमेर जिले में ओढनिया गांव के पास एक जीप के पलट जाने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जोधपुर रैफर किया गया है वहीं रामदेवरा जा रहे एक मोटर साइकिल सवार की अज्ञात वाहन की टकर से मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए वहीं ड्रंगरपुर जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र में कल मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से दो युवकों की मौत हो गई

पुलिस ने तीनों छात्रों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए चुरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने करीब पैतालीस लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की हैं

इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है

यह परीक्षा दो सत्रों में हो रही है

सीकर जिले के फतेहपुर में पिछले दिनों कावड़ियों के साथ मारपीट और पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता के खिलाफ जिले के लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर और रामगढ़ शेखावाटी कस्बे आज लगातार तीसरे दिन भी बंद है सांसद संतोष अहलावत ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही है